राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सरकार सभी किसानो का पचास हजार रूपये तक का ऋण करेगी माफ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नये भवन और बॉस्केट बॉल कोर्ट का किया उद्घाटन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

उप राष्ट्रपति एमवेंकैया नायड ने आज कहा कि आतंकवाद वैयक्तिक स्वततंत्रता वैश्विक आर्थिक विकास और लोकतंत्र जैसी सभ्य मानवीय समाज के लिए सबसे बडा खतरा है

यह लोकतांत्रिक आस्था्ओं और आर्थिक विकास की आकांक्षाओं के खिलाफ आतंकवाद के खतरों के प्रति चेतावनी देता है संसद भवन पर आतंकवादी हमले को नाकाम करने में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान को देशवासी हमेशा याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के विरूद्व समझौता स्वीकार करने के भारत के प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस संबंध में बहत सारे देशों ने भारत का समर्थन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है बल्कि उससे भी आगे बढेगा प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य में कृषि ऋण माफी की प्रकिया लगभग पूरी हो चुकी है सरकार सभी किसानों का पचास हजार रूपये तक का ऋण माफ करने जा रही है श्री बादल आज कृषि विभाग के राज्यस्तरीय अधिकारियों की टीम के साथ हजारीबाग के डेमोटांड स्थित भूमि संरक्षण अनुसंधान सह कृषि पर्यटन केंद्र के दौरे पर थे इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है राज्य के हेमंत सरकार का उनतीस दिसंबर को एक साल प्ररा हो जायेगा

इस दौरान उन्होंने कहा कि मानगो में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जगह का बेहद अभाव है सबका शारीरिक और मानसिक रूप से विकास हो इसके लिए ओपन जिमशाला बनाया जायेगा इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव और जिला वन अधिकारी से फोन पर बात की और पार्क की मरम्मती का निर्देष दिया

अच्छी बात यह है कि कोरोना संकमितों के स्वस्थ होने की दर संतानवें दशमलव छह छह प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है

इस समय इलाज करा रहे रोगियों की संख्या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों के मुकाबले सिर्फ तीन दशमलव छह छह प्रतिशत है

इस समय भारत में महामारी से मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है

राज्यपाल द्रौपदी मुर्म् ने आज रांची विष्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नये भवन और बॉस्केट बॉल कोर्ट का उदघाटन किया इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि संस्कृति के बिना जनजातीय समाज अधुरा है इस समुदाय की अलग पहचान होती है इसलिए अखडा को भी अलग रूप देने का प्रयास किया गया है उन्होंने कहा कि इस नये भवन के बन जाने का बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है

रिम्स में पिछले दो वर्षा से लालू प्रसाद के स्वास्थ्य पर नजर रखे चिकित्सकों की टीम के प्रमुख डॉ उमेश प्रसाद ने आज एनबीटी से विशेष बातचीत में कहा कि जब लाल प्रसाद रिम्स में इलाज के लिए पहंचे थे तो उनकी किडनी फंक्शनिंग तीसरे स्टेज पर थी लेकिन बढती उम्र और विभिन्न स्वास्थ्य कारणों से अब उनकी किडनी फंक्शनिंग की स्थिति चौथे स्टेज पर आ गयी है स्वास्थ्य में गिरावट को देखते हुए डॉ उमेष प्रसाद ने रिपोर्ट ऑथोरिटी को सौंप दी है रेलवे भर्ती बोर्ड पन्द्रह दिसम्बर से तकरीबन एक लाख चालीस हाजर पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर रहा है रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस भर्ती अभियान में देश भर के दो करोड चौवालीस लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे

हाथी प्रतिदिन गांवों में किसानों के फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं सांसद ने इस संबंध में रांची के उपायुक्त छवि रंजन को पत्र लिखकर किसानों के क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन कर उन्हें जल्द मुआवजा देने को कहा है सांसद ने कहा है कि सोनाहात् प्रखंड के नरसिंह लोवाडीह सितुमडीह और राणाडीह के ग्रामीण हाथियों के डर से दहषत मे हैं चतरा पुलिस ने जिले में सक्रिय गांजा तस्करों के विरूद्व बड़ी कार्रवाई की है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल ने आज राजपुर थाना क्षेत्र के चतरा चौपारण मुख्य पथ पर स्थित पांडे महआ इलाके से करीब दस लाख रुपये का गांजा बरामद किया पुलिस ने गांजा लदे पिकअप गाड़ी को भी जब्त कर लिया है हालांकि गांजा तस्कर इसी बीच फरार हो गए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि बरामद गांजा को तस्करी के उद्देश्य से इटखोरी के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा था तस्करी में शामिल फरार तस्करों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है

मंदिर में हई चोरी की घटना से श्रद्वालुओं में आक्रोश है पुजारियों ने घटना की जानकारी पत्थलगड़ा थाना पुलिस को दी है लोगों ने पुलिस से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की अपील की है

प्राथमिक शिक्षक संघ खूंटी जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष एरियल संजय कंड्लना ने इस बार भी अध्यक्ष पद में जीत दर्ज की वहीं उपाध्यक्ष के पद पर नरेंद्र सिंह रवि रमन त्रिपाठी और मनोज कुमार शुक्ला ने जीत दर्ज की महासचिव के पद पर पहली बार महिला शिक्षिका आभा लकड़ा चुनी गई इनर्के अलावा अन्य पदों पर भी उम्मीदवारों को चुना गया राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में कल से मौसम में बदलाव हआ है आज रांची सहित कई जिलों में बुंदा बांदी भी हई राजस्थान के पास पश्चिमी विक्षोभ से एक साइक्लोनिक सर्कलेशन बना हुआ है इस वजह से अरब सागर में नमी है यह नमी राजस्थान महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश होते हुए झारखंड की ओर आ रहा है इस कारण आकाश में बादल छाये हुए हैं आनेवाले दिनों में बारिश होने के भी अनुमान है मौसम विभाग रांची के अनुसार अभी जो आकाश में बादल बना हुआ है इसका असर सोलह दिसंबर तक रह सकता है इस दौरान कहीं कहीं अच्छी और मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है